आदिवासी उपयोजना की राशि खर्च करने और जनसंख्या के आधार पर बजट आवंटन संबंधी कानून विधानसभा में लाया जायेगा

मात वंदना योजना इंदौर जिले को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा

सुरक्षित जननी विकसित धरनी की थीम पर आधारित इस सप्ताह में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जागरुकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे

भाजपा बजट भारतीय जनता पार्टी ने आशा व्यक्त की है कि अगले महीने जन आकांक्षाओं के अनुरूप केन्द्रीय बजट पेश किया जाएगा इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श किया श्रीमती सीतारामन ने कल नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी नेताओं के साथ चार दौर की बैठकें कीं और बजट पर उनके विचार सुने पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि वित्त मंत्री ने बजट पूर्व चर्चा के लिए पार्टी के विभिन्न वर्गो से मुलाकात की और भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि जन हितकारी बजट पेश किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पहली फरवरी को पेश किया जाएगा नागरिकता नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भाजपा द्वारा प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इसी कड़ी में प्रदेष के पूर्व मुख्यमंत्री षिवराजसिंह चौहान ने कल इंदौर में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में जनसंपर्क किया श्री चौहान ने कहा कि यह कानून नागरिकता देने के लिये बनाया है इस कानून से किसी की नागरिकता ली नहीं जायेगी आगरमालवा और कटनी जिला मुख्यालय पर इस विधेयक के समर्थन में आज मौन जुलूस निकाला जायेगा यह जुलूस आगरमालवा में पुरानी कृषि उपज मंडी से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गो से गुजरेगा और छावनी झंडाचौक पर समाप्त होगा खेलो इंडिया गुवाहाटी में आज से खेलो इंडिया युवा खेलों का तीसरा संस्करण शुरू हो रहा है

इसके भव्य उद्घाटन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कार्यक्रम में असम का गौरव हीमा दास सहित अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री किरेन रीजीजू शामिल होंगे खेलों इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश जोशी ने बताया कि गुवाहाटी के साथ साथ पूरा देश इस भव्य उद्घाटन का साक्षी बनेगा

यह जानकारी मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कल राज्य मंत्रालय में हुई आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक में दी

मुख्यमंत्री ने बैठक में वन मित्र साफ्टवेयर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये दिये जाने वाले खादयान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और अंगूठे की अनिवार्यता समाप्त कर विकल्प खोजने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने आदिवासी मंत्रणा परिषद के सदस्यों की सब कमेटियां बनाने के निर्देश दिये ये कमेटियां स्वास्थ्य शिक्षा खाद्य सहित अन्य विषयों पर अलग अलग बनाई जायेंगी मिलावट अभियान प्रदेश में मिलावट की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है

इसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा कमलनाथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस सेवादल देश की सभ्यता व संस्कृति से जुड़ा हुआ संगठन है सेवादल के कार्यकर्ता कांग्रेस की नीतियों का निस्वार्थ भाव से प्रचार करते हैं मुख्यमंत्री कल बैरागढ़ में कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे

श्री सिंह ने कहा कि शासन की उपलब्धियों को जन जन तक पहँचायें श्री सिंह नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय में कल विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के नये स्वरूप के बारे में चर्चा की श्री सिंह ने कहा कि सालभर के प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगारस्व रोजगार में दिक्कत नहीं आना चाहिये परियोजना शुभारंभ प्रदेष के नर्मदा घाटी विकास एवं पर्यटन मंत्री सुरेन्द्र बघेल आज इंदौर जिले की हातोद तहसील के ग्राम पाल कांकरिया में नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना का षुभारंभ करेंगे

क्रिकेट भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम टी ट्वेंटी क्रिकेट मैच आज पुणे में खेला जाएगा मैच शाम सात बजे शुरू होगा आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा इसे एफ एम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर शाम साढ़े छह बजे से सुना जा सकता है

मौसम प्रदेश में इन दिनों सर्द हवाओं के चलने से अधिकांश जिलों में तेज ठंड का असर महसूस किया जा रहा है कुछ जिलों में बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है सर्द हवाओं से बचने के लिये लोगों ने अलाव जलाने और गरम कपड़ो का सहारा लिया है वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर भारत में हई बर्फबारी और मध्यप्रदेश से सटे राजस्थान के सीमावर्ती क्षत्रों में हई बारिश की वजह से प्रदेश में सर्दी बढ़ी है उमरिया सहित प्रदेश के अन्य जिलों में तेज ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है मौसम विभाग ने आज विंध्य क्षेत्र के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है

ये कोर्ट महिलाओं और बच्चों के साथ द्रष्कर्म संबंधित मामलों की सुनवाई करेंगे